विशेषज्ञों ने भरोसा जताया दो सप्ताह में देश को मिलेगी वैक्सीन

राज्य में सबसे अधिक दो सौ ग्यारह मामले पटना जिले में दर्ज किये गये

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे बाईट पीएम अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी वहीं साइंटिफिक अप्रोच वहीं सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समूदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम श्रू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समूचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है

भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है को विन जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इनफॉरमेशन रहेगी श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी

केन्द्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने फरवरी मार्च के बाद से अब तक कोरोना से निपटने में काफी प्रगति कर ली है उन्होंने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी मदद पहुंचाई है और उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई हैं श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी जारी रखें क्योंकि देश को बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है

भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्युदर इतनी कम है भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आमजन को जानकारी देने को भी कहा उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाये रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए कोविड महामारी पर सर्वदलीय बैठक तीन घंटे चली जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया बैठक में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद टी एमसी नेता डेरेक ओब्रायन डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के छह सौ उन्नीस नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख सैंतीस हजार नौ सौ अड़सठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में संक्रमण के दो सौ ग्यारह नये मामले सामने आये हैं गोपालगंज में चौसठ मुजफ्फरपुर पूर्णिया में इकतीस बांका में बीस पूवी चंपारण में उन्नीस बेगूसराय में अठारह भागलपुर में सोलह और वैशाली में पन्द्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय पांच हजार पांच सौ बहत्तर कोरोना के सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख एकतीस हजार एक सौ आठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक दो प्रतिशत से अधिक बनी हुई है राज्य में हर दिन औसतन एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ पांच कोविड नमूनों की जांच की जा रही है भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार कामयाबी हासिल की है और अब तक नब्बे लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर चौरानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नये मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है इस समय देशभर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में बाईस गुना अधिक है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कूमार मोदी की राज्यसभा की रिक्त सीट पर निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया आज नामांकन पत्रों की जांच में द्रसरे निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद का पर्चा खारिज हो गया श्री प्रसाद के समर्थन में जरूरी प्रस्तावकों का कोरम पूरा नहीं हो सका इसके बाद श्री मोदी चूनावी मैदान में एक मात्र प्रत्याशी रह गये हैं उनकी जीत की औपचारिक घोषणा सात दिसम्बर को की जायेगी प्रदेश के किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई के लिए अब पास लेना होगा कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि उन्हीं किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई की अनुमति दी जायेगी जो किसान यह लिखित में देंगे कि धान कटाई के बाद खेत में वे पुआल नहीं जलायेंगे इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी साथ ही उनका निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा निबंधन रद्द होने के बाद किसान तीन साल तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के मौसम के रूख में तेजी से परिवर्तन हुआ है दिन के तापमान में गिरावट आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया है कि सुबह और रात में कोहरा अथवा कुहासा छाया रहेगा

वहीं पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा भागलपुर में न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव छह जबकि पूर्णिया में चौदह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पटना से आरा को जोड़ने वाले नवनिर्मित कोईलवर पुल पर कल से नौ दिसम्बर तक आवागमन बंद रहेगा भोजपुर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है दस दिसम्बर को पुल के विधिवत उद्घाटन के बाद आवागमन शुरू हो जायेगा पुल का उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को पार्टी नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद केशव सिंह ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से इस्तीफा मांगा था जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी है बिहार निवासी और लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का आज चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया उन्नीस सौ छिहत्तर बैच के केरल कैडर के अधिकारी गुप्तचर ब्यूरो आईबी के निदेशक भी रहे उन्होंने कश्मीर में वार्ताकार के रूप में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया वे मूलरूप से गया जिले के बेलागंज के खनेटा पाली के रहने वाले थे कल उनका अंतिम संस्कार गया के विष्णुपद श्मशान घाट पर संपन्न होगा उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया है दिनेश्वर शर्मा के निधन पर गया जिले में कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुत्री लौंगी देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय लौंगी देवी को समाज सेवा में गहरी अभिरूचि थी उनके निधन से सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है प्रलिस ने एसटीएफ के सहयोग से पटना में एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियार बरामद किये गये हैं इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि मुख्य सरगना घटनास्थल से फरार हो गया राजधानी पटना में स्थित अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरूआत की गयी है जिलाधिकारी कुमार रवि ने इसकी शुरूआत पटना सिटी के गुरू गोविंद सिंह अस्पताल से की इससे रोगियों को आसानी से इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी केन्द्रीयकृत रूप में अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर नजर रखी जा सकेगी इसके माध्यम से मरीजों का निबंधन जांच रिपोर्ट और चिकित्सक के परामर्श का ब्यौरा भी उपलब्ध रहेगा शेखप्ररा में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड उन्नीस के वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन की तैयारी शुरू कर दी है इसके लिए जिला पशुपालन विभाग के कोल्ड चेन को चिन्हित किया गया है मुंगेर की जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने आज मुंगेर मुख्यालय में कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए जिलास्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता की सीतामढ़ी जिले में नानपुर थाना क्षेत्र और रीगा थाना क्षेत्र से पुलिस टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है नालंदा जिला मूख्यालय एवं स्मार्ट सिटी बिहारशरीफ में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत हाई प्रोटैक्टेड सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीके को लेकर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की

राज्य में सबसे अधिक दो सौ ग्यारह मामले पटना जिले में दर्ज किये गये